इस उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा इससे पहले कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य प्रत्याशियों ने अब प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लेदरी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने रानीझाप और नेवरी सहित कई गांवो में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता धरमजीत सिंह और सचिव राजेन्द्र राय ने जानकारी दी है कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने का निर्णय लिया है श्री जोगी ने कहा है कि वे पार्टी नेताओं की राय से सहमत हैं दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच पुरानी सांठगांठ है जो अब खुलकर सामने आने लगा है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का समर्थन भिलने से भाजपा को फायदा होगा इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक अन्य विधायक देवव्रत सिंह ने कहा है कि वे मरवाही उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के अपनी पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है

इस बीच मरवाही उपचूनाव के एक दिन पहले दो नवंबर और तीन नवंबर को प्रिंट भीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराए जाना अनिवार्य है भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं शिक्षाकर्मी संविलियन प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को राज्य सरकार ने राज्योत्सव पर सौगात दी है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के आठ हजार दो सौ छब्बीस व्याख्याताओं का एक नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया है प्रदेश में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कल सोलह हजार दो सौ अटहत्तर शिक्षकों के संविलियन का आदेश भी जारी किया जाएगा

ये दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यनिटी पर पृष्यांजलि अर्थित की

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने माना स्थित छत्तीसगढ सशस्त्र बल की चौथी वाहिनी में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई इस मौके पर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए ई मेगा विधिक सेवा शिविर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आज प्रदेश का पहला ई मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वय से यह शिविर राज्य के तेईस जिलों और चौंसठ विकासखंडों में आयोजित किया गया शिविर की शुरूआत में ही चार लाख चालीस हजार से अधिक हितग्राहियों को एक सौ ग्यारह करोड रूपये का लाभ पहुंचाया गया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने आज ई मेगा शिविर का वर्चअल उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई मेगा विधिक सेवा शिविर एक अभिनव पहल है तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं इस फेरबदल में तीन जिलों के कलेक्टर भी प्रभावित हुए हैं नीलेश क्षीरसागर को गरियाबंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है वहीं चंदन कुमार को कांकेर और विनीत नंदनवार को सुकमा जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है कोरोना समाचार जागरूकता राजनांदगांव के ग्राम टेडेसरा में दो दिन पहले आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में शामिल जिले के एक एनआईसी अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिले में कल सात सौ पैंतीस लोगों की कोरोना जांच की गई जिसमें इकहत्तर लोग कोरोना संक्रमित पाए गए इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार शिवकुमार तिवारी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

प्राचार्य द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने कहा गया है शिक्षकों का यह दॉयित्व होगा कि वे कक्षा के सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सअप या फोन के माध्यम से प्रतिदिन आयोजित होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी दें वहीं कक्षा दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को सितंबर से फरवरी माह तक का होम असाइनमेंट दिया जा रहा है इसके आधार पर विद्यार्थियों को हर विषय में तीस प्रतिशत अंक प्रदान किए जाएंगे

राज्य स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ राज्य का इक्कीसवां स्थापना दिवस कल एक नवंबर को मनाया जाएगा वर्ष दो हजार भें मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ राज्य का निर्माण किया गया था कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राज्योत्सव का बड़ा आयोजन नहीं होगा कल मुख्यमंत्री के रायपूर स्थित निवास में केवल वर्चुअल रूप में अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरूआत करेंगे भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण पर नियंत्रण के लिए यह योजना प्रदेश के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाएगी इसके लिए पांच करोड़ अस्सी लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री कल राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के अट्ठारह लाख से अधिक किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में डेढ हजार करोड रूपये की राशि का ऑनलाइन भूगतान करेंगे इस योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में कल पांच हजार सात सौ पचास करोड रूपये का भुगतान किया जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ भी करेंगे इस योजना के तहत प्रथम चरण में बावन इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री कल ट्राइबल ट्ररिज्म सर्किट के तहत पांच नवनिर्मित ट्ररिस्ट रिसॉर्ट का लोकार्पण तथा राम वनगमन परिपथ के तहत राजिम और शिवरीनारायण में कराए गए सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भूमिपूजन भी करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजापुर जिले में नवनिर्मित विद्यत उप केन्द्र और बारसूर बीजापुर विद्यत लाइन का भी ई लोकार्पण करेंगे वहीं राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बुढ़ातालाब को मनोरंजन और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए गए कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगे इस दौरान वे पत्र एसएमएस और व्हाट्सअप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा प्रछे गए सवालों का जवाब भी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे कांग्रेस किसान अधिकार दिवस प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लौह प्ररूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रण्यतिथि को आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह किया गया सत्याग्रह में शामिल होकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार से कृषि संशोधन विधेयकों को वापस लेने की मांग की है धमतरी जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और केन्द्र से नये कृषि कानून को वापस लेने की मांग की

सुरक्षा बलों की टीम भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ॅ उसपरी बिरियामूमि डालेर और टिंडोरी इलाके में गश्त पर निकली थीं इसी दौरान जवानों ने इन माओवादियों को पकड़ा इनके पास से तीन नग पिट्ढू दो भैग्जीन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है वहीं इसी जिले में सीआरपीएफ जिला पुलिस बल और सीएएफ की संयुक्त टीम ने पामेड़ थाना क्षेत्र के सेन्ड्रमबोर के जंगल में बने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया

इस अवसर पर जगदलपुर के बस्तर दशहरा में शामिल होने दंतेवाड़ा से आई मावली माता और दंतेश्वरी मां की डोली तथा छत्र को पूजा अर्चना के बाद विदाई दी गई इसके साथ ही श्रावण अमावस्या को पाटजात्रा रस्म के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा संपन्न हो गया इस मौके पर पुलिस जवानों द्वारा हर्ष फायर कर इक्कीस तोपों की सलामी दी गई इसके बाद माई की डोली को फूलों से सुसज्जित एक वाहन में दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया इस वर्ष एक अधिमास पड़ने के कारण पचहत्तर दिवसीय बस्तर दशहरा एक सौ चार दिनों तक चला गांजा जब्त कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर मुख्य मार्ग पर चिल्फी थाना और पौड़ी चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने एक वाहन से साढ़े चार क्विंटल गांजा जब्त किया है इसकी अनुमानित कीमत लगभग बयालीस लाख रूपये बताई गई है इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है संक्षिप्त समाचार यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दूर्ग और अंबिकापुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है अब यह स्पेशल ट्रेन छह नवंबर तक चलाई जाएगी सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की दो सौ तेईसवीं बटालियन में पदस्थ एक जवान ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज महासमुद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया अंबिकापुर के समीप कतकालो गांव में मौसम विभाग द्वारा डॉप्लर राडार लगाया जाएगा इससे पांच सौ किलोमीटर रेंज तक की आंधी तूफान के साथ ही बारिश की सटीक जानकारी मिल सकेगी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोगों से करीब दस लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस इस मामले के आरोपी ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की तलाश कर रही है बालोद जिले के सिवनी में एक बच्ची को सिगरेट से दागने के मामले में आरोपी पुलिस आरक्षक को पुलिस महानिदेशक ने सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए हैं वहीं आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जशपुर वनमंडल में पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ब्रुलडेगा परिसर में ग्राम पतराटोली के पास एक तेंद्रआ के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग की टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में पिसौद गांव के पास द्रक की टक्कर से तीन बच्चे घायल हो गए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सौ नग कफ सीरप और चार हजार से अधिक नशीली दवाई के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है